हालांकि छठी अनुसूची में शामिल कुछ जनजातीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में इनर लाइन परमिट व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को विधेयक के दायरे से अलग रखा गया है

श्री अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान बंगलादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के कारण यह विधेयक लाना जरूरी हो गया था उन्होंने इन तीन पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक आबादी के लगातार कम होने का उल्लेख किया उन्होंने कहा कि यह विधेयक मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है

आप नागरिक बन सकते हो हम बचा लेंगे आइए राशन कार्ड निकाल दीजिए आइए ये सर्टिफिकेट ले जाइए मान्यवर मैंने कहा है डाक्यूमेंट है नहीं है डेट चली गई है आधा है अधूरा है पूरा नहीं है सबको नागरिक बनाना है

मान्यवर ये जो अफवाहें फैलायी जा रही हैं वो अफवाओ में किसी को आने की जरुरत नहीं किसी को डरने की भी जरुरत नहीं

विपक्ष के बार बार सवाल उठाने पर कि यह विधेयक अभी क्यों पेश किया जा रहा है गृहमंत्री ने कहा कि धर्म के आधार पर देश के बंटवारे के कारण यह जरूरी हो गया था उन्होंने कहा कि इस विधेयक से भारत में किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना नहीं बनाया गया है उन्होंने कहा कि सभी पूर्वोत्तर राज्यों ने विधेयक का समर्थन किया है और उनकी चिंताओं का समाधान किया गया है श्री शाह ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर किसी भी कीमत पर लागू किया जाएगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रस्तावित कानून भारत की सदियों पुरानी समावेशी प्रकृति और मानवीय मूल्यों में विश्वास पर आधारित है

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास के लिए कृतसंकल्प है और इसी क्रम में यह निर्णय लिया गया है ये विश्वविद्यालय केन्द्र और राज्य सरकार के सहयोग से खोले जा रहे हैं

मुख्यमंत्री ने सिद्वार्थनगर जनपद में इटवा भारतभारी बिस्कोहर बढ़नीचाफा और कपिलवस्तु को नगर पालिका का दर्जा दिये जाने की भी घोषणा की इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंद्रह लाभार्थियों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड भी दिए उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शिक्षण संस्थानों में जेंडर स्टडीज को पाठ्यक्रम में शामिल करने की वकालत की है ताकि बच्चे छोटी उम्र से ही सभी लिंगों के लोगों के प्रति सम्मान और उनके प्रति संवेदनशील होना सीख सकें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

प्राथमिक शिक्षा को अच्छे भविष्य का आधार बताते हुए प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने अध्यापकों से इस अवसर का लाभ उठाकर सशक्त राष्ट्र निर्माण की अपील की है

उन्होंने कहा कि हमें यह देखने की आवश्यकता है कि जो शिक्षा हमारे बच्चों को मिल रही है उसकी भविष्य में कोई उपयोगिता है या नहीं उन्होंने कहा कि दिशाविहीन शिक्षा प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं है कार्यकम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है और छात्रों को अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए इसे आत्मसात कर लेना चाहिए मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थान के शैक्षिक जगत में योगदान पर चर्चा की

महिलाएं अपने घरों तक सुरक्षित पहुंचने के लिए उनकी मदद ले सकती हैं

इसके अतिरिक्त अगर आवश्यकता होती है तो उन महिलाओं को वाहन में बैठाने की तो जो रेग्यूलर पीआरवी वाहन है उसमें नहीं बैठाया जायेगा और इसके लिए हम दस परसेंट पीआरवी वाहन ऐसे कर रहे है जिनमें दो पुरूष कर्मी और दो महिला कर्मी होंगे और ऐसे वाहन को ही अपरिहार्य स्थिति में किसी को बैठाना ही पड़ता है तो उसमें बैठाया जायेगा आज विश्व मानवाधिकार दिवस है इस वर्ष मानवाधिकार दिवस का विषय है मानवाधिकारों के पक्ष में खड़े यूवा इसका उद्देश्य विश्व भर के युवाओं को मानवाधिकारों के प्रति कार्रवाई के लिए जागरूक करना है दिल्ली में एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि व्यावहारिक तौर पर मानवाधिकारों को प्रभावी ढंग से मजबूत करना संपूर्ण समाज का सामूहिक कार्य है राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं के साथ अपराधों की घटनाएं हाल में विश्व के ज्यादातर हिस्सों में सामने आई हैं उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरें लोगा को यह सोचने के लिए विवश करती हैं कि क्या समाज समान अधिकार के धरातल पर खरा उतरता है

हमीरपुर में जनपद न्यायाधीश को अध्यक्षता में आयोजित कार्यकम में लोगों से जाति धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव न करने का आहवान किया गया बलिया मेरठ लखनऊ सहित विभिन्न जनपदों से कार्यकम आयोजन के समाचार हैं पीलीभीत जनपद में पराली की समस्या का निदान महात्मा गांधी नरेगा योजना के माध्यम से किया जायेगा किसान अपने खेतों में गडढे बना कर फसलों के अवशेष से खाद बनायेंगे इस कार्य के लिए जिला प्रशासन द्वारा किसानों को धान की पराली पर दो हजार सात सौ रूपया प्रति एकड़ और गन्ने की पत्ती से खाद बनाने पर एक हजार छह सौ रूपया प्रति एकड़ मजदूरी के रूप में दिये जायेंगे

जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के वैज्ञानिकों के साथ कई गांवों में इस तकनीकी का प्रदर्शन कराया

समाप्त